इस चरण में प्रदेश की जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें जबलपुर छिंदवाड़ा सीधी शहडोल बालाघाट और मंडला शामिल हैं वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा के लिए भी कल मतदान कराया जाएगा

जबलपुर से हमारी संवाददाता ने जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भारद्वाज के हवाले से बताया कि मतदान दलों को आज सुबह मतदान सामग्री का वितरण कर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया है

सीधी सीट के लिये सिंगरौली जिले की तीन विधानसभाओं में कल शान्तिपूर्ण मतदान के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं चुनाव आयोग देश के चौथे और प्रदेश में कल होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिये चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्था की है

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के प्रदेश के दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार रफ्तार पकडने लगा है केन्द्रीय मंत्री उमा भारती आज खजुराहो दमोह में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं कर रही हैं रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा सतना खजुराहो में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज सागर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया श्री रूपाणी आज दमोह में रोड शो करने का कार्यक्रम भी है

लोकसभा चुनाव के संबंध में आकाशवाणी समाचार भोपाल के प्रमुख संजीव शर्मा ने बात की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से निर्वाचन को लेकर की गई तैयारियों सुरक्षा इंतजामों सहित तमाम पहलुओं पर की गई इस बातचीत के अंश आप आज रात आठ बजे आकाशवाणी भोपाल पर सुन सकते हैं इसके साथ ही आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव का प्रदेश के मतदाताओं के नाम संदेश भी प्रसारित किया जाएगा जिसे आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे